कल शिमला में मंडी जिला के सराज क्षेत्र में चल रही विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही जयराम ठाकुर ने कहा कि परियोजनाएं बिना बिलंब पूरी होने से जहां लागत नहीं बढ़ेगी वहीं लोगों को इनका जल्द लाभ मिलेगा मुख्यमंत्री ने शिक्षा बागवानी कृषि ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभागों की प्रगति की भी समीक्षा की

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मुख्य अतिथि जबकि कोन्द्रीय वित्त व कारपोरेट मामलों के राज्यमंत्री अनुराग ठाक्र समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे वे मेधावी विद्यार्थियों को डिग्रियां व पदक देकर सम्मानित करेंगे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय समारोह की अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी इस दौरान मौजूद रहेंगे मौसम प्रदेश के उंचाई वाले क्षेत्रों में आज फिर रूक रूक कर बर्फबारी हो रही है जबकि राजधानी शिमला सहित अन्य इलाकों में बादल छाए हुए हैं इससे समूचे प्रदेश में शीतलहर बढ़ गई है लाहौल स्पिति व किन्नौर जिलों के कुछ क्षेत्रों में तापमान शून्य से काफी नीचे चला गया है जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं

अधिशासी अभियंता टाशी नेगी ने बताया कि फाल्ट को ठीक करने के लिए विभाग के कर्मचारी जुटे हैं मौसम विभाग ने आज उंचाई वाले इलाकों में हिमपात व निचले और मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुछ भागों में वर्षा की संभावना जताई है

दो दिवसीय इस प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक नरेन्द्र ठाकुर ने किया

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने हाईकोर्ट के फैसले और मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है आत्महत्या की कोशिश करने वालों पर न हो कानूनी कार्रवाई दिव्य हिमाचल के शब्द हैं आत्महत्या के प्रयास पर दर्ज नहीं होगा मुकदमा दैनिक जागरण ने लिखा है आत्महत्या का प्रयास करने वाला माना जाए गंभीर तनावग्रस्त रोगी दैनिक सवेरा टाइम्स और हिमाचल दस्तक का लगभग एक जैसा शीर्षक है आत्महत्या का प्रयास करने वाले के खिलाफ अब दर्ज नहीं होगा केस पंजाब केसरी की सुर्खी है आत्महत्या की कोशिश करने वाले को नहीं माना जाए अपराधी

अजीत समाचार का कहना है हिमपात से प्रदेश में कड़ाके की ठंड कुफरी का तापमान पहुंचा माइनस में दैनिक जागरण की सुर्खी दी है बर्फबारी से राहत कम दिक्कतें ज्यादा पंजाब केसरी ने लिखा है शिमला लाहौल स्पीति और किन्नौर में कड़ाके की ठंड गुड़िया प्रकरण से जुड़ी खबर को पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है सीएम से मिले गुड़िया के परिजन केस की दोबारा न्यायिक जांच की गुहार हिमाचल दस्तक ने लिखा है सीएम से मिले गुड़िया के माता पिता बोले सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं

किन्नौर जिला के भावानगर में कार के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर भी सभी अखबारों में प्रकशित है